पर्यटन नगरी मनाली नारकण्डा और डलहौजी में भी आज सुबह से रूक रूक कर हिमपात का सिलसिला जारी है जबकि राज्य के निचले इलाकों में क्छ स्थानों पर वर्षा से पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में है हमारे केलंग प्रतिनिधि कुंदन शर्मा के अनुसार जिले में बीती रात से अब तक विभिन्न स्थानों पर करीब एक फुट ताजा हिमपात हो चुका है जबकि गोंदला में अब तक एक फूट से ज्यादा हिमपात का समाचार है इस ताजा बर्फबारी से घाटी में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है और यातायात के साथ बिजली व संचार सेवाएं भी प्रभावित हुई है बर्फबारी को देखते हुए परिवहन निगम ने घाटी के भीतर अगले दो महीने के लिए बस सेवाएं बंद कर दी है जिला आपदा प्रबंधन समन्वयक प्रशांत ने कहा कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं और आपात की स्थिति में एक शून्य सात सात पर संपर्क किया जा सकता है घाटी के लोगों ने कहा कि ताजा बर्फबारी से जहां उन्हें विभिन्न तरह की समस्याएं आ रही है वहीं ये हिमपात किसान बागवानों के लिए फायदेमंद साबित होगा डलहौजी सहित चंबा जिले की उंची चोटियों पर हिमपात और निचले क्षेत्रों में वर्षा हो रही है किन्नौर में भी बीती रात से उंचे क्षेत्रों में हिमपात जबकि निचले क्षेत्रों में बर्षा का कम जारी है पूह में करीब आठ इंच ताजा हिमपात हुआ है रोहतांग समेत कुल्लू जिले की उंची पहाड़ियों पर बीती रात से ही हिमपात का सिलसिला जारी है कोठी मनाली में एक फुट ताजा हिमपात हो चुका है हमारे कुल्लू प्रतिनिधि के अनुसार बंजार आनी लुहरी मार्ग जलोड़ी दर्रे पर बर्फबारी के चलते वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हो गया है इधर शिमला व इसके साथ लगते पर्यटक स्थलों पर आज दिन भर घने बादल छाए रहे और सैलानी अभी भी बेसब्री से बर्फबारी के इंतजारी में है मौसम विभाग ने आज व कल राज्य के निचले क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि जबकि मध्यम व अधिक उंचाई वाले क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर भारी बर्फबारी व वर्षा की चेतावनी जारी की है

उपायुक्त ललित जैन ने बताया कि सभी घायल बच्चों का नाहन मैडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है और घटना की जांच के आदेश भी दे दिए हैं

इस दुर्घटना पर राज्यपाल आचार्य देवव्रत व मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की है

इस बीच विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने नाहन मैडिकल कॉलेज पहुंच कर घायल बच्चों का कुशल क्षेम पूछा दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए बिंदल ने कहा कि घायलों के इलाज में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी राज्यपाल राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने सांसद अनुराग ठाक्र द्वारा चलाई गई मोबाईल स्वास्थ्य सेवा योजना खेल महाकृभ मिशन व भारत दर्शन योजना को सराहा है वे आज हमीरपुर के भोटा में सांसद मोबाईल सेवा स्वास्थ्य योजना के तहत आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे आचार्य देवव्रत ने कहा कि सांसद अनुराग ठाक्र व प्रयास संस्था के सहयोग से पीढ़ा ग्रस्त असहाय व गरीब लोगों को घर द्वार पर बेहतर स्वांस्थ्य सुविधा देने के लिए किया गया ये प्रयास सराहनीय है

उन्होंने भारत दर्शन योजना के सही कार्यान्वयन के लिए अनुराग ठाकुर को बधाई दी इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भी अपने विचार रखे

ये जानकारी केंद्रीय सड़क परिवहन व राष्ट्रीय राजमार्ग राज्य मंत्री मनसुख मांडविया ने लोकसभा में सांसद वीरेन्द्र कश्यप के एक सवाल के जवाब में दी उन्होंने कहा कि पिंजौर बददी नालागढ़ में निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिना किसी रूकावट के उचित चौड़ाई की जमीन मिलते ही कार्य शुरू किया जाएगा